हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा चरण कल से श्रू हो रहा है इस सत्र के दौरान लम्बित बिलों पर चर्चा होगी और वैधानिक कारोबार सम्पूर्ण किये जायेंगे विधानसभा अध्यक्ष जान चंद गुप्ता ने बताया कि इस सत्र के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों का पालन यिका जायेगा हालांकि कोविड का खतरा काफी हद तक कम हो गया है सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हये विशेष प्रबंध किये गये है प्रेस की कवरेज के लिए हरियाणा निवास को विधानसभा का प्रागण घोषित किया गया है

हरियाणा के मुख्मयंत्री मनोहर लाल ने खरीफ फसलों की खरीद में लगे अधिकारियों को निर्देश दिये है कि किसान को भ्गतान सात दिनों की निर्धारित अवधि में हर हाल मे होना चाहिए उन्होंने कहाकि दीवाली से पहले कोई भी भ्गतान लम्बित नहीं होना चाहिए

किसानों को नये सिरे से टोकन देने की जरूरत नहीं होगी मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिये कि खरीद प्रक्रिया से जुड़ा कोई एक अधिकारी या कर्मचारी भी लापरवाही बरतता है तो पूरी प्रक्रिया डगमगा जाती है उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड के सचिव से लेकर आढ़ती मिलर ट्रांसपोटर हर किसी की जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए

उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से राज्य के लिए अधिक से अधिक राजस्व का संग्रह करने के निर्देश देते हए बताया कहा कि बड़े करदाताओं से संबंध बेहतर रखने के प्रयास किए जाएं ताकि वे समय पर अपना टैक्स जमा करवाते रहें उपमुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

हरियाणा रोडवेज की अम्बाला डिपू की क्छ बसे आज से दिल्ली अतंराज्यीय बस अड्डे तक चलनी शुरू हो गई है ये जानकारी देते ह्ये महाप्रबंधक मनीष सहगल ने बताया कि तालाबंदी के कारण इस बसों का संचालन दिल्ली की सीमा तक ही किया जा रहा था

उन्होंने बताया कि राज्य की अन्य चीनी मिलें भी पिराई कार्य जल्द श्रू करने की तैयारी में हैं पिराई कार्य जल्द श्रू होने से गन्ने की फसल की जमीन खाली हो जाएगी जिससे आने वाले सीजन में समय पर गेहं की बुवाई हो सकगी

याद रखें मास्क और दो गज की द्री बार बार हाथ धोना भी है जरूरी त्यौहारों के मौसम में ख्द सचेत रहे और द्सरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है

किसान हित में पारित तीन कृषि कानूनों के नाम पर विपक्ष किसानों को भटकाने का व अपनी राजनीतिक बचाने का प्रयास कर रहा है श्री दलाल ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले हरियाणा के सभी जिलों में अभूतपूर्व विकास हआ है

माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालूओं की सुविधा और कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनज़र उत्तर रेलवे की ओर मध्य प्रदेश के डाक्टर अम्बेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक स्पर फास्ट विशेष रेलगाड़ी चलाई जायेगी ये जानकारी देते हये अम्बाला मंडल के वरिष्ठ वाण्ज्यक अधिकारी हरि मोहन ने बताया कि इन दोनों स्टेशनों के बीच आवागमन के लिए रेलगाड़ी चलाई जायेगी डॉक्टर अम्बेडकर नगर से प्रत्येक सोमवार ब्धवार और शुक्रवार को सुपर फास्ट विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी इसी प्रकार कटरा से प्रत्येक रविवार ब्धवार व शुक्रवार को चलेगी जो अम्बाला स्टेशन पर सुबह सवा नौ बजे पहंचेगी लोकस्भा सांसद धर्मबीर सिंह ने भिवानी में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे ग्राम सभाओ में पंचायत व पंचायत समिति प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गांवों में समुचित पेयजल आपूर्ति की योजना तैयार करे

विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने सामाजिक दूरी को ध्यान रखते हये ये पर्व मनाने के समाचार दिये है

उधर हमारे अम्बाला संवाददाता ने बताया कि करवा चौथ पर बाज़ारों में महिलाओं ने खरीददारी की